और प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गयी

आज जनऔषधि दिवस के अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जनऔषधि केन्द्र के मालिकों और इसके लाभार्थियों से बातचीत की श्री मोदी ने कहा कि इन केन्द्रों पर उपलब्ध दवाइयों की कीमत बाजार कीमत से लगभग पचास से नब्बे प्रतिशत कम है उन्होंने कहा कि इस योजना से हर आदमी दवाइयां खरीदने में सक्षम है

करीब करीब नब्बे लाख गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज मिल चुका है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ बनाए रखने के लिए द्रढसंकल्प है श्री मोदी ने कहा कि सरकार हर हाल में किफायती इलाज उपलब्ध कराने के लिए दृढसंकल्प हैं और अच्छे अस्पताल तथा सक्षम कर्मचारी उसकी प्राथमिकता बने रहेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक महीने एक करोड़ से ज्यादा लोग इन केन्द्रों से लाभ उठाते हैं

नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं नए एम्स बनाएं जा रहे हैं इस वजह से देश में मेडिकल सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है ऐसे अनेक प्रयास चल रहे हैं जो देश में स्वास्थ्य सुविघाओं में व्यापक सुधार लाने वाले हैं मुजफ्फरपुर सहित देशभर के विभिन्न जनऔषधि केन्द्र के मालिक और लाभार्थियों ने योजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रधानमंत्री से बातचीत की प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर के एक जन औषधि केंद्र के संचालक पंकज झा और लाभार्थी जीवछ राम से बातचीत की प्रधानमंत्री ने पंकज झा के साहस की सराहना की जो नक्सलियों के हमले में दिव्यांग होने के बावजूद लोगों की मदद कर रहे हैं इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उपस्थित थे आकाशवाणी से बातचीत में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रतिदिन गरीब और मध्यम परिवारों के लगभग तीन लाख लोग सस्ती और किफायती दवाइयों के लिए जनऔषधि केन्द्र जाते हैं

बहुत चिपर रेट में कैंसर की भी मेडिसीन दूंढती है कार्डियान की भी मेडिसीन मिलती है डायबिटिक मेडिसीन मिलती है न्यूट्रियन मेडिसीन मिलती हैं

देश के सात सौ जिलों में जनऔषधि के लगभग छह हजार दो सौ केन्द्र हैं मौजूदा वित्त वर्ष में इन केन्द्रों से तीन सौ नब्बे करोड़ रुपये मूल्य की बिक्री हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोरोना वायरस से भयभीत न होने और इस संबंध में किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें अभिवादन करने के लिए भारतीय तरीका नमस्ते करना अपनाना चाहिए

कोई कहता है ये नहीं खाना है वो नहीं करना है

ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है ढिकना करने से बचा जा सकता है मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है आप को कुछ भी लगता है जो भी करे अपने डॉक्टर के सलाह से ही करें प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है अब तक राज्यभर के पांच हजार नौ सौ छियासठ स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों को कोरोना वायरस से निपटने के तौर तरीकों और बचाव के बारे में जागरूक किया गया वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर नेपाल से सटे सात जिलों के पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है पच्चीस जनवरी से अब तक सैंतीस सौ से अधिक ग्राम सभा की बैठकें की गयी हैं वहीं सत्तावन हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के पचास नमूने जांच के लिये एकत्र किये गये हैं इनमें से ज्यादातर निगेटिव पाये गये हैं सिपाही बहाली परीक्षा के दूसरे चरण की परीक्षा कल होगी परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं इधर पूर्व मध्य रेलवे पुलिस भर्ती परीक्षा के मद्देनजर आज और कल कई विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों में भारतीय और विदेशी महिलाओं का प्रवेश निःशुल्क होगा इधर आज महिलाओं ने समस्तीपुर से दरभंगा तक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन किया दरभंगा रेलवे स्टेशन पर महिला रेलकर्मियों का विशेष स्वागत किया गया वहीं बोधगया में तैंतीस महिलाओं को तैराकी का प्रशिक्षण देने के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किया गया वन और पर्यावरण विभाग ने राज्य के पार्कों में कल महिलाओं के लिये प्रवेश निःशुल्क करने की घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी श्रृंखला के तहत और आज सुनिये पटना जिले की निवासी ऑटोरिक्शा चालक सरिता कुमारी के साहस की कहानी सरिता ने आज से आठ वर्ष पहले उस पेशे में कदम रखा जिसमें अब तक पुरूषों का वर्चस्व माना जाता है समाज और परिवार के विरोध के बावजूद वह झुकी नहीं सरिता आज महिला सशक्तिकरण की प्रमुख हस्ताक्षर हैं और लोगों को प्रेरित कर रही हैं आकाशवाणी से बातचीत में सरिता ने कहा कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि लड़कियों और महिलाओं सहित समाज का नजरिया इस पेशे के प्रति बदलने में वे सफल रही हैं

बगल में मेरे आगे के सीट पर बैठ कर बोरिंग रोड हो गया महिला कॉलेज हो गया मतलब बच्चियों को पूछिये मत नहीं मैं आगे बैठुंगी मुझे दिखाना है कि महिलाएं भी अब किसी से कम नहीं है बहुत खुशी होता है कि आप ऑटो ड्राइव कर रहे हो हमे सुरक्षित महसूस होता है मुझे लगता है कि नहीं अब मैं भी किसी के ऑटो में जा रही हूं जहां मेरे साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती मेरे साथ कोई प्रोब्लम्स नहीं हो सकती है और इतनी खुशी महसूस करती है कि मैं बता नहीं सकती हूं पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है प्रदेश के कई हिस्सों में आज हल्की बारिश हुयी है नालंदा में सबसे अधिक इक्कीस मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी पूर्णिया में पंद्रह दशमलव दो गया में चार दशमलव छह डेहरी में चार दशमलव चार और दरभंगा में चार मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जतायी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मधेपुरा में सात सौ इक्यासी करोड़ रूपये की लागत से निर्मित सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया पांच सौ बेड वाले इस अस्पताल का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर के नाम पर किया गया भागलपुर में अधिवक्ता कामेश्वर पाण्डेय की हत्या के मामले में एसआईटी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वरीय पुलिस अधीक्षक अशीष कुमार भारती ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति रविश क्मार ने अपने बयान में अपराध स्वीकार कर लिया है नालंदा जिले में एक सरकारी चिकित्सक की हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भासा और कनीय चिकित्सक संघ जेडीए के आह्वान पर आज राज्य के सरकारी और निजी अस्पताल के डॉक्टर बारह घंटे की हड़ताल पर हैं इससे मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इधर पुलिस ने चिकित्सक की हत्या के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है प्रारंभिक जांच के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर डॉक्टर के किसी नजदीकी ने हत्याकांड को अंजाम दिया

समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत बलभद्रपुर में दो पक्षों के विवाद को शांत कराने पहुंची पुलिस टीम के साथ झड़प में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गये

और प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गयी